प्रधानमंत्री मोदी ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है जिसमें सत्य को अपनाने की क्षमता नहीं होती वो ही हिंसा का मार्ग अपनाता है

बैंक ने कहा कि यदि यह गति जारी रही तो एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था दोगुनी हो सकती है

गौरतलब है कि पिछली पांच अप्रेल को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान को पांच साल की साधारण कारावास से दंडित किया था

जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि आज आमेर उपखण्ड के तहत आने वाली ग्राम पंचायतों और अटल सेवा केन्द्रों पर इस शिविर का आयोजन होगा इसी प्रकार सांगानेर में भी ग्राम पंचायत कपूरावाला और बस्सी की ग्राम पंचायत में इन शिविरों का आयोजन किया जायेगा

घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के बाद अधिकतर बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है गंभीर रूप से घायल बस चालक को जयपुर रैफर किया गया है वहीं अलवर जिले के खेडली के प्रीतमपुरा के पास आज रेल से कटकर एक छात्र की मौत हो गई

इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित विद्यार्थी भाग ले सकेंगे इस इंटर्नशिप के लिये छात्र गांव या जिला खूद चुन सकता है यह कार्यकम मई से जुलाई के मध्य चलाया जायेगा

संगीन व साधारण अपराधियों को अलग अलग प्रशिक्षण दिया जायेगा इस कार्यकम का उद्देश्य कैदियों को हुनरमंद बनाना है निगम ने इसके लिये पूरी तैयारियां कर ली है

इन लोगों से पेपर की हार्ड कॉपी बरामद की गई है

यह शराब अम्बाला से गुजरात ले जाई जा रही थी

पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है

यह गाड़ी नाकाबंदी तोड़ भागते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है

चीन आठ स्वर्ण एक रजत और एक कांस्य पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा